हरियाणा का विधानसभा च्नाव आज क्ल मिलाकर शांतिपूर्ण संग से संपन्न है गया

च्नाव आयाग आयाग की हिदायत के अन्सार ज मतदाता भी मतदान केन्द्रों के अंदर है वे अपना वाट्ट डालेंगे और उसके बाद ही सभी पालिंग बूथों से आकंड़े उपलब्ध हाजे के बाद मतदान का सही प्रतिशत मुख्य च्नाव अधिकारी दवारा जारी किया जायेगा

विभिन्न विधानसभा हलकों से मिली जानकारी के अन्सार अब तक अधिकतर स्थानों पर साठ प्रतिशत से ऊपर मतदान दर्ज किया गया

सकता है ये च्नाव कानून व्यवस्था किसान बेराज़गारी जैसे म्दद पर लड़ा गया और च्नाव में राष्ट्रवाद से ज्ड़े मुदे भी हावी रहे जिसाक दक्षिण हरियाणा में काफी प्रभाव देखने क मिला

हालांकि वे अपने पार्टी के स्टार प्रचारकों कै लागों के बीच लाने मे हिचकचाती रही

कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने अपनी तरफ से पूरा जात लगाया और लगों का अपने पक्ष में करने के लिए कड़ी मेहनत की म्ख्य च्नाव अधिकारी अन्राग अग्रवाल ने बताया कि मतदान समाप्त हाते ही इलैक्ट्रानिक वाटिंग मशीने का सूट्रोंग रूमस में स्रक्षित रखा जायेगा जहां स्रक्षा का भारी घेरा रहेगा हरियाणा में मतदान संप्नन हामे के साथ ही विभिन्न पार्टियों की संभावित जीत के बारे में चर्चा श्रू है

एक अन्मान के अन्सार म्ख्य म्काबला कांगेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है कई सीटों पर जन नायक जनता पार्टी और इंडियन नैशनल लाक्रदल के उम्मीदवरों की मजबूत स्थिति की भी चर्चा है

बताया जा रहा है कि कई जगह मुकाबला त्रिकाणीय रहा उचानाकलां सीट के चुनाव परिणाम पर भी पूरे देश की निगाह है यहां से निर्वतमान बीजेपी विधायक व पूर्व केन्द्रीय मंत्री बीरेन्द्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने च्नाव लड़ा है उनका म्काबला जन नायक जनता पार्टी के द्वष्यंत चौटाला और कांग्रेस के बलराम कटवाल के साथ रहा पिछले विधानसभा च्नाव में प्रेमलता से हार च्के द्वष्यंत चौटाला हाल ही में हिसार लक्कसभा च्नाव में प्रेमलता के बारे से हारे गये थे इसलिये इस सीट का परिणाम जन नायक जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है वहीं बारड़ा सीट द्वष्यंत चौटाला की विधायक माता नैना चौटाला के कारण सबकी निगाह में है उन्होंने डबवाली सीट छाइकर यहां से च्नाव लड़ा है उकलाना की आरक्षित सीट पर विधायक अनूप धानक जन नायक जनता पार्टी के टिकट पर च्नाव लड़ रहे है उनका मुकाबला बीजीपी की आशा खेदर के साथ रहा ज इस इलाके की बह है टाहाना हलका जहां म्काबला त्रिकाणीय माना जार रहा था भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की जीत हार पर सबकी निगाह लगी हुई है

वहीं दादरी में दंगल गर्ल पहलवान बबीता फाग्राट ने बीजेपी की ओर से पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान का च्नौती दी

कुल मिलाकर दादरी के परिणाम का भी सबक इंतजार रहने वाला है वहीं गढ़ी सांपला किलाई पर भी सबकी नज़र है क्यूंकि यहां से र्प् मुख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह ह्डडा ने चुनाव लड़ा है हरियाणा में आज मतदान के दौरान चुनाव आयाग दवारा चलाये गये स्वीप कार्यक्रम का असर देखने कथ मिला हर वर्ग के लागों ने मतदान में बढ़चढ़ कर भाग लिया मतदान के इस महा उत्सव में महिला और य्वाओं की बड़ी भागीदारी रही प्रदेश में हजारों की गिनती में य्वाओं ने आज पहली बार अपने मताधिकार का प्रयाण किया

केन्द्रीय यांत्रिकी एंव जनता प्रौद्यागिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि सरकार अगले कुछ वर्षो मे देश में एक लाख डिजीटल गांव स्थापित करेगी नई दिल्ली में मेटी स्टार्ट अप सम्मेलन में बालते हये श्री प्रसाद ने सम्बधित पक्षों से अपील की कि वे इन गांवों क्ष अपने तरीके से संरक्षण और परामर्श दें

मंत्री ने देश के द्रस्थ कामे में उदयम और उदयमिता के डिजीटल मान चित्रण की आवश्यकता पर भी बल दिया श्री प्रसाद ने कहा कि स्टार्ट अप नव भारत का बेहतरीन उत्पाद है जिससे पता चलता है नवभारत किस प्रकार से बदल रहा है मंत्री ने इस बारे साफ्टवेयर उप्ताद नीति इलैक्ट्प्निक नीति और डिजीटल संचार नीति लाने सहित विभिन्न पहलों के बारे भी बात की हरियाणा में आज च्नाव के दौरान कुछ जगहों पर झड़प की क्छ घटनायें भी हई राहतक शहर के माता दरवाज़ा के निकट विवाद हाजे पर आज प्लिस ने नगर पार्षद पप्पन ग्लिया क गिर फ्तार कर लिया उन पर मतदान के दौरान एक य्वक के साथ मारपीट का आराम है

उधर आज नूंह जिले के मलाकां गांव में राजनीतिक दलों के समर्थकों के बीच झड़प हाजे की भी खबर है हरियाणा के अतिरिक्त प्लिस महानिदेशक कानून और व्यवस्था नवदीप सिंह विर्क ने बताया कि साढ़े ग्यारह बजे के करीब नूंह के एस एस पी ने खूद इस गांव का दौरा किया और बताया कि वहां स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण मे है

साजीपत से हमारे संवादाता ने बताया कि खरखौदा विधानसभा हलके के गांव निज़ाम पुर माजरा के बूथ तीन के मतदाताओं ने च्नाव में वाष्ट न डालने का फैसला लिया कयूंकि वह गली का निर्माण न हाजे पर नाराज़ थे

हरियाणा में आज कई बूथे पर मतदान के दौरान बुजुर्ग महिलायें मतदान करने पहंचीवहीं फतेहाबाद की रतिया विधानसभा सीट के गांव भिडराना में द्र्घटना में घायल हये एक व्यक्ति का एंब्लेंस का मदद से स्ट्रेचर पर आकर अपने मताधिकार का प्रयाग किया बताया जा रहा है कि चार महीने पहले माष्टर साईकिल व ट्रैक्टर ट्राली में एक्सीडेट में ब्री तरह घायल सामनाथ अपने परिवार के साथ मतदान की इच्छा जताई जिसके बाद उसे मतदान केन्द्र तक लाया गया

वे आज जगाधरी प्लिस लाइन में शहीदी स्मृति दिवस पर सम्बाधित कर रहे थे

अदालत ने बाल श्री याजना के तहत मेधावी छात्रों के चयन के लिए वर्तमान नीति क संशाधित करने के लिए केनद्र क केन्द्रीय सूचना आयेग के निर्देश का रदद करते हये यह फैसला दिया